राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि गुणात्मक शिक्षा के साथ साथ विद्यार्थियों में चरित्र निर्माण भी आवश्यक है राज्यपाल आज ऊना जिला के अंबोटा में एक निजी स्कूल के वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह में बोल रहे थे उन्होंने विद्यार्थियों में चरित्र निर्माण और व्यक्तित्व विकास को जरूरी बताते हुए कहा कि बिना संस्कार के शिक्षा का कोई मूल्य नहीं है राज्यपाल ने इस मौके पर पर्यावरण संरक्षण पर भी बल दिया इससे पूर्व राज्यपाल ने प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां चिंतपूर्णी में पूजा अर्चना भी की और प्रदेश में सुख समृद्धि की कामना की राज्यपाल ने बाद में उना स्थित हिमाचल प्रदेश एकेडमी फॉर डिफेंस सर्विसिज का दौरा भी किया और यहां सेना में भर्ती होने के लिए प्रशिक्षण ले रहे युवाओं से मुलाकात की जनजागरण प्रदेश भाजपा नागरिक संशोधन अधिनियम पर पांच जनवरी से राज्य व्यापी जनजागरण अभियान आरंभ करेगी इस अभियान का शुभारंभ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के टुटू से करेंगे राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा गुजरात से इस अभियान की शुरूआत करेंगे पार्टी सचिव पायल वैद्य ने आज शिमला में कहा कि जनजागरण अभियान के दौरान भाजपा प्रदेश के पांच लाख परिवारों से संपर्क करेगी उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल शांता कुमार और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती अपने अपने गृह क्षेत्रों में इस अभियान की शुरूआत करेंगे उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दल और अराजक तत्व नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर भ्रम फैला रहे हैं जिसके बारे में लोगों को जागरूक किया जाएगा महेन्द्र सिंह सिंचाई व जनस्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने कहा है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को मोदी सरकार की सच्ची श्रद्धांजलि है महेंद्र सिंह इस अधिनियम के बारे में धर्मपुर विधासभा क्षेत्र के बरोटी में आयोजित खंड स्तरीय जागरूकता रैली को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि इस अधिनियम से धर्म के आधार पर भारत विभाजन का दंश झेल रहे अनगिनत परिवारों के मानवाधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी उन्होने आरोप लगाया कि विपक्ष वोट की राजनीति के लिए इस मुद्दे पर भ्रम फैला रहा है महेंद्र सिंह ने कहा कि सीएए किसी भी रूप में भारत में किसी भी धर्म या जाति के लोगों को प्रभावित नहीं करता गोविंद ठाकुर वन मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम बनाकर केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लिया है उन्होंने कहा कि इस कानून के बनने से वर्षो से भारत की नागरिकता का इंतजार कर रहे पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान के भारत में रह रहे अल्प संख्यकों को बहुत बड़ा सहारा मिला है गोविंद ठाक्र आज मनाली में नागरिकता संशोधन अधिनियम पर आयोजित जागरूकता रैली को सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने इस मुददे पर कुछ राजनीतिक दलों और संगठनों द्वारा लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया वन मंत्री ने कहा कि इस कानून से भारत के किसी भी नागरिक की नागरिकता को कोई खतरा नहीं है विंटर कार्निवाल मनाली विंटर कार्निवाल के दूसरे दिन आज मालरोड़ पर कुल्लवी नाटी का आयोजन किया गया

इस नाटी का शुभारंभ वन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने किया उन्होंने कहा कि रविवार को विंटर कार्निवाल के चौथे दिन महानाटी का आयोजन किया जाएगा जिसमें मनाली के राईट बैंक क्षेत्र के महिला मंडल की सदस्य हिस्सा लेंगी विंटर कार्निवाल में आज मनु रंगशाला और मालरोड़ पर कई अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए जिनका स्थानीय लोगों और देश विदेश से आए पर्यटकों ने भरपूर आनंद लिया विपिन परमार स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार ने प्रदेश वासियों से हिम केयर योजना का लाभ उठाने के लिए इस योजना के तहत अपना पंजीकरण करवाने का आहवान किया है

प्रदेश में अभी तक इस योजना के तहत साढ़े पांच लाख परिवारों का पंजीकरण किया जा चुका है उन्होंने कहा कि योजना के तहत पंजीकरण और नवीनीकरण करवाने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित दस्तावेज अपलोड करवाना जरूरी है सुरेश भारद्वाज शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ाने के लिए विभाग के अधिकारियों को प्रभावी कदम उठाने को कहा हैं सुरेश भारद्वाज आज हमीरपुर में शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक में बोल रहे थे उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में प्रशिक्षित अध्यापक होते हैं जो बच्चों को बेहतर ढंग से पढ़ाने में सक्षम होते हैं

विभाग के निदेशक युनूस ने आज उत्सव को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि इस उत्सव का उददेश्य तत्तापनी को पर्यटन गंतव्य के रूप में प्रमोट करना है

ये खिचड़ी यहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं और अन्य लोगों को परोसी जाएगी उन्होंने कहा कि तत्तापानी पर्यटन उत्सव के लिए मण्डी और शिमला से परिवहन निगम की विशेष बसें चलाई जाएंगी मौसम प्रदेश में कड़के की ठंड का दौर लगातार जारी है बीते रोज प्रदेश के अधिक ऊंचाई वाले कुछ स्थानों पर बर्फबारी और ओलावृष्टि से तापमान में जोरदार गिरावट आई है

मौसम विभाग ने आने वाले तीन दिनों तक राज्य के मैदानी और मध्य पर्वतीय इलाकों में मौसम साफ बने रहने की संभावना जताई है जबकि अधिक ऊंचाई वाले कुछ स्थानों पर इस दौरान बर्फबारी हो सकती है

किन्नौर और लाहौल स्पिति में बर्फबारी के चलते ये अभियान बाद में चलाया जाएगा